मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक की रांची और सरायकेला शाखा में वित्तीय अनियमितता और गबन की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का आदेष दिया है गौरतलब है कि वित्त विभाग के विषेष अंकेक्षण में बैंक की रांची शाखा में लगभग दस करोड़ और सरायकेला शाखा में पांच करोड़ से ज्यादा की वित्तीय अनियमितता की पृष्टि हई है इस मामले में बैंक से जुड़े कई पदाधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है मुख्यमंत्री ने वित्तीय अनियमितता के इस मामले में दोषी कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी आदेष दिया है

अब तक देष के विभिन्न हिस्सों में फंसे साढ़े चार लाख श्रमिकों को झारखण्ड लाया गया है आज जहां श्रमिकों का एक जत्था फ्लाईट के जरिये रांची पहुंचा वहीं श्रमिक स्पेषल ट्रेन से भी सैकड़ों मजदूरों का आगमन हुआ लोहरदगा और लातेहार रेलवे स्टेषनों पर पहली बार श्रमिक स्टेषन ट्रेन का ठहराव हुआ त्रिपुरा के अगरतल्ला से लोहरदगा रेलवे स्टेषन पर आई ट्रेन से नौ सौ से ज्यादा श्रमिक पहुंचे सभी श्रमिकों को सुरक्षित वाहनों के जरिये उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया इससे पहले लातेहार रेलवे स्टेषन पर भी श्रमिक स्पेषल ट्रेन का ठहराव हुआ इस ट्रेन से भी हजारो मजदूर वापस अपने घर आये हैं

कोडरमा जिले में छह प्रवासी मजदूरों को फिलहाल क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाने का काम सौंपा गया है इसके बदले इन क्षल कारीगरों को चौबीस हजार रूपये प्रतिमाह मेहनताना दिया जायेगा जिले के उपायुक्त रमेष घोलाप ने बताया की सभी प्रवासी मजदूरों का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है और उनके कार्यकुषलता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा

उन्होंने बताया कि वे दिल्ली में एक रेस्ट्रेंट में कक का काम करते थे अब यहां भी उनकी कुषलता के आधार पर उन्हें रोजगार मिल गया है

सभी प्रखण्डों में इसके लिए काउंटर का निर्माण किया जा रहा है जहां श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जायेगी जिले के उपायुक्त डॉ भुवनेष प्रताप सिंह ने बताया कि प्रखण्डों में स्क्रीनिंग सेंटर बनाने के साथ ही आनेवाले समय में पूरे जिले को सर्विलांस में लेकर प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य सर्वे कराया जायेगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अभी तक सरसठ हजार छह सौ एकानवे संक्रमित व्यंक्ति स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन हजार दो सौ छियासठ लोग स्वस्थ हए हैं उन्होंने बताया कि छियासी हजार एक सौ दस लोग चिकित्सा निगरानी में रखे गये हैं

इन कदमों की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी और सुरक्षा की जाती है

बताया जाता है कि सड़क निर्माण का बिल पास कराने के एवज में रिष्वत की मांग की जा रही थी एसीबी धनबाद की टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

उन्होंने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि इनमें से लगभग बीस समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है उन्होंने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए तीन तरह से काम किया जा रहा है इनमें स्वदेशी प्रयास अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किये जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल हैं डॉक्टर विजयराघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए चार तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित मूल लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीकेपॉल ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई दवाई और वैक्सीन के जरिये ही जीती जायेगी उन्होंने कहा कि देश के विज्ञान और तकनीकी संस्थान तथा दवा उद्योग बहत मजबूत हैं लगभग बीस कंपनियां अन्य देशों को कोरोना वायरस की निदान किट उपलब्ध करा रही हैं मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर आज से राज्यभर में चुप्पी तोड़ो स्वस्थ रहो अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत हो गई है रांची में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेष ठाकर ने इस विषेष अभियान का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान शहर से लेकर गांव तक चलाया जायेगा और महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जायेगा

देवघर जिले में गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने पांच साईबर अपराधियों को गिरफ्तार किया अपराधियों के पास से बीस हजार रूपये नगद तेरह मोबाईल फोन चौदह एटीएम छह चेकबुक बारह पासबुक और एक लैपटॉप बरामद किया गया है

इससे पहली जून से केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है अगर परिस्थियां अनुकूल बनी रही तो दस से पन्द्रह जून के बीच मॉनसून झारखण्ड में भी दस्तक देगा इस बीच झारखण्ड के विभिन्न हिस्सों में पिछले चौबीस घंटे के दौरान मौसम में बड़ा परिवर्तन आया है कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिष हो रही है इससे तापमान में गिरावट आई है और लोग भीषण गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं संक्षिप्त खबरें राजधानी रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती चार लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है इसके अलावा जमषेदपुर में कोरोना के दो नये केस मिलने की खबर है इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर चार सौ चौसट हो गई है रांची विषविद्यालय के कुलपति रमेंष पांडेय ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की

यह राषि कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर खर्च की जायेगी झारखण्ड अभियंत्रण सेवा संघ के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दस लाख रूपये का चेक सौंपा है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना जैसी वैष्विक महामारी पर विजय प्राप्त करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है रामगढ़ जिले में उपायुक्त संदीप सिंह ने प्रषासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ आज बैठक कर कोरोना संक्रमण पर चर्चा की उन्होंने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई आवष्यक दिषा निर्देष भी दिये हैं गढ़वा सदर अस्पताल में एक कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है इसका सैंपल लेकर कोरोना जांच के लिए रांची भेजा गया है रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा हो पायेगा हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई